विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि अस्सी प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और एक महीने में विधानसभा संग्रहालय कार्यरत हो जायेगा विधानसभा परिसर में स्थापित किये जा रहे इस म्यूजियम में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों विधानसभा अध्यक्षों विधानसभा उपाध्याक्षों और जानी मानी हस्तियों के फोटोग्राफ थ्री डी प्रतिमा चित्रकारी और पेंटिंग मौजूद होगी संग्रहालय में पर्यटको की सुविधा के लिए थ्री डाईमेंशनल हॉल होंगे और सेल्फी जोन होगा मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश को अपनी विविधतापूर्ण संस्कृति अनोखी परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व है वेस्ट कामेंग जिले के कलकतांग में कल मोन रीजन के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सामाजिक संगठनों से स्थानीय जरुरतों के अनुसार एक एक विद्यालय को अपनाने की अपील की उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार बुनियादी सुविधाओं का विकास और राज्य में कृषि एवं बागवानी क्षेत्र का रोजगार सृजन के लिए प्रभावी उपयोग में स्थानीय संगठनों का सहयोग आवश्यक है मुख्यमंत्री ने कलकतांग क्षेत्र के लोगों की मांग पर मल्टीपर्पज कल्वरल हॉल बनाने का आश्वासन दिया राज्य सरकार ने पड़ोसी म्यामार चीन और भूटान से पूर्वोत्तर राज्यों के बीच अंतर्रास्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सड़क संपर्क में सुधार के लिए कदम उठाने का आग्रह किया राज्य के उद्योग मंत्री तुमके बागरा ने नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे को उठाया उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आर्थिक जोन के स्थापना के लिए न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता पर विचार करने को कहा उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने कल गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रीजनल पावर कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया इस बैठक के दौरान रोईंग चापाखोवा दापोरिजो आलो पासीघाट रोईंग तेजू नामसाई विद्युत लाईन सहित पूर्वोत्तर राज्यों के त्वरित विकास के लिए अबाधित विद्युत आपूर्ति को बनाए रखने के मुद्दे पर चर्चा की गई उपमुख्यमंत्री ने बिजली की मांग और उत्पादन के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया ताकि दूर दराज के इलाकों को भी चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति की जा सके श्री मेन ने अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाओं के दोहन के लिए कारगर नीति बनाने को कहा ताकि देश के ऊर्जा उद्योग में पूर्वोत्तर के योगदान को बढ़ाया जा सके अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने अपने कार्यालय में नवगठित जिलों के मुख्यालयों के निर्माण को लेकर परियोजना एजेंसियों और संबंधित जिलों के विधायकों के साथ बैठक की इस बैठक में विधायक गोकर बासार तारिन दाकपे बियुराम वागे और योजना सचिव हिमांशु गुप्ता उपस्थित थे बैठक में राज्य के नवगठित जिला मुख्यालयों में अगले सौ साल को ध्यान में रखकर जल आप्रर्ति बिजली जल निकासी संचार सुविधा सड़क संपर्क और अन्य ब्रनियादी सुविधाओं के विकास पर चर्चा की गई विधानसभा अध्यक्ष ने बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए उपलब्ध भूमि और संसाधनों का उपयोग करने का आग्रह किया ईटानगर नगर पालिका परिषद आई एम सी ने क्षेत्र के नागरिकों से निर्धारित समय और स्थल पर ही कूड़ा फेकने की अपील की है विभिन्न समाचार माध्यमों पर राजधानी क्षेत्र में कूड़े के निपटारे को लेकर आई एम सी की आलोचना के मद्देनजर कार्यकारी अभियंता तादर तारंग ने कहा कि राजधानी क्षेत्र के सभी कालोनियों और सेक्टर के लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए ताकि स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके उन्होंने कहा कि सुबह आठ बजे के बाद और शाम को सात बजे से पहले निर्धारित स्थान पर क्रड़ा फेकने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा श्री तारंग ने कहा कि निर्धारित स्थान के बजाय इधर उधर कूड़ा फेकने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी राजीव गांधी विश्वविद्यालय में शोध कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और अनुसंधान शोध पत्रों में गलत तरीके से सामग्री का इस्तेमाल रोकने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर पी डी एस और एक अन्य सॉफ्टवेयर ई डी एस के बारे में एक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया गुरुवार को आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा ने छात्रों और शोधार्थियों से विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के महत्व को समझते हुए ऐसा कोई भी कार्य न करने की अपील की जो शोध और शिक्षा के मापदंडों के विरुद्ध है उन्होंने छात्रों से अपने सर्वागीण विकास पर ध्यान देने का आह्वान किया तीसरी राज्य स्तरीय पैरालम्पिक्स का आज ईटानगर के बी एन ग्राउंड समापन हुआ चार दिनों तक चली इस प्रतियोगिता का आयोजन अरुणाचल प्रदेश पेरालम्पिक्स संघ के द्वारा राज्य सरकार की स्कूली समग्र शिक्षा के अंतर्गत किया गया था समारोह को संबोधित करते हुए राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग ने कहा कि सरकार ऐसे आयोजनों को हर तरह से प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि वे खिलाड़ियों की मांगों पर पूरा ध्यान देंगे इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश पैरालम्पिक्स संघ के अध्यक्ष श्री कोंगो ताकू ने खेल मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा इस प्रतियोगिता को कैलेंडर इवेंट घोषित करने की मांग की है सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के अंतर्गत आज खेले गए ग्रप मैच में असम और रेलवे के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा पासीघाट जनरल ग्राउंड में खेले गए इस मैच में दोनों ही टीमें निर्धारित समय तक एक भी गोल नहीं कर पाई और मुकाबला ड्रॉ रहा